चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं लगेगी उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आज अंतरिम आदेश जारी किया है न्यायालय ने कहा है कि ऐसे सभी दल जिनको चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है वो च्नावी बाँड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं

एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश पारित किया गया है याचिका में इस योजना की वैधता को चुनौती देते हुए यह आग्रह किया गया था कि या तो चुनावी बाँड को जारी करने से रोक दिया जाए या चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष जनवरी में चुनावी बाँड योजना की अधिसूचना जारी की थी इस योजना के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक अथवा भारतीय या भारत में स्थापित कंपनी राजनैतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बाँड खरीद सकते हैं कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी में दिल्ली से संबंधित मामलों के प्रभारी पीसी चाको ने आज पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की उन्होंने बताया कि दिल्ली में लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं होगा वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी आप और जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है

नामांकन वापसी लोकसभा चुनाव के चौथे और प्रदेश में पहले चरण के निर्वाचन के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन था

बालाघाट सीट से भाजपा के बागी बोध सिंह भगत ने पार्टी आलाकमान के मान मनौवल के बावजूद भी अपना नामांकन वापस नही लिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उनकी मौजूदगी से भाजपा के सामने मुश्किलें आ सकती हैं अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नाम वापसी के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने वाले तेजप्रताप सिंह उइके ने अपना नाम वापस ले लिया है

उधर जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से आखिरी दिन तीन उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिये

जबलपुर सीट से सत्ताईस उम्मीद्वारों ने पर्चा दाखिल किया था जिसमें दो उम्मीदवारों के नामांकन जांच के दौरान निरस्त कर दिये गये थे

प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतूल में भी इसी चरण में वोट डाले जायेंगे

सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दो प्रत्याशियों कांग्रेस से राजाराम त्रिपाठी और बसपा से अच्छेलाल कुशवाह ने नामांकन दाखिल किया अब तक यहां तीन उम्मीदवारों द्वारा यहां नाम निर्देशन पत्र जमा किये गये हैं वहीं दमोह लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रह्लाद पटेल ने अपना पर्चा भरा इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी उनके साथ थे उधर टीकमगढ़ में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी वीरेन्द्र कुमार खटीक ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया वहीं रीवा में किसी अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किया

भोजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिला और अपनी शिकायत दर्ज कराई श्रीमती सीतारमण ने संवाददाताओं को बताया कि राफेल मामले में राहल गांधी उच्चतम न्यायालय के फैंसले का गलत तरीके से हवाला दे रहे है उधर कांग्रेस ने भाजपा पर सेना के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्रपति को लिखे एक कथित पत्र का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए

हालांकि राष्ट्रपति भवन ने ऐसा किसी पत्र के प्राप्त होने से इन्कार किया है उधर सेना के कई अधिकारियों ने भी ऐसे पत्र से अनभिज्ञता जाहिर की है मतदाता जागरुकता प्रदेश में चार चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन दिनों लगभग हर जिले में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत विभिन्न संस्थाओं द्वारा चित्रकला वाद विवाद निबंध रंगोली और स्लोगन प्रतियोगिता के आयोजन किये जा रहे हैं इधर रायसेन जिले के खरबई हाट बाजार में आज ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया सीहोर जिले में भी लोकतंत्र के पर्व में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं झाबुआ में मतदाता जागरुकता साइकिल रैली निकाली गई जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया खरगौन शहडोल देवास टीकमगढ़ छतरपुर सतना होशंगाबाद अशोकनगर सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरुकता आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुशंसा पर इन्हें निलंबित किया गया है वही छह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है

इस दौरान कुछ कर्मियों ने भाजपा की सदस्यता भी ली थी पीएम बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल प्रस्कार से सम्मानित बच्चे अद्रिका और कार्तिक ने आज भोपाल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की

जब दोनों भाई बहनों को यह जानकारी मिली तो वे खाने पीने का सामान बैग में भरकर कर्फ्यू के दौरान किसी तरह स्टेशन पहँचे और स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के यात्रियों को बांटा राज्यपाल बच्चों से मिलकर बेहद खुश हईं और उन्होंने दोनों को प्रशंसा पत्र दिये और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की मौसम प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है ज्यादातर जिलों में पारा चालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है

भोपाल होशंगाबाद बैतूल सीधी गुना राजगढ़ रतलाम और धार में पारा बयालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि शिवपुरी जबलपुर ग्वालियर सतनारीवा इंदौर सागर टीकमगढ़ और उज्जैन में तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं लू चलने की आशंका जताई है वहीं छतरपुर पन्ना सागर सतना रीवा उमरिया डिण्डौरी जबलपुर कटनी बालाघाट अशोकनगर गुना और ग्वालियर जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं साथ ही इन जिलों में धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी दी है

श्री चौबे का हृदय घात से बीती रात निधन हो गया था